इसमें सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक भाग ले रहे हैं सम्मेलन का समापन आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संबोधन के साथ संपन्न होगा हैदराबाद मुठभेड़ हैदराबाद में एक महिला डाक्टर के साथ द्वष्कर्म और हत्या मामले के चार आरोपियों की मुठभेड़ में मौत की जांच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दल ने आज लगातार दूसरे दिन भी जारी रखी आयोग ने कल घायल पुलिसकर्मियों के बयान दर्ज किए थे और चारों आरोपियों के शवों का निरीक्षण भी किया था राज्य उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार मुठभेड़ में मारे गये चारों आरोपियों के शव महबूबनगर सरकारी अस्पताल में कड़ी सुरक्षा के बीच रखे गये हैं इस सिलसिले में दायर एक याचिका पर उच्च न्यायालय में कल सुनवाई होगी

आग पर काबू पा लिया गया है घटना में घायल हुए लोगों को दिल्ली के विभिन्न अस्पतालो में भर्ती कराया गया है वहीं पुलिस ने फैक्ट्री मालिक के भाई को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मृतकों के परिजनों को दस दस लाख रुपये मुआवजा देने का एलान किया है उन्होंने न्यायिक जांच के आदेश भी दिये हैं तबादला राज्य सरकार ने आज इन्दौर जोन के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक वरुण कपूर का तबादला कर दिया उन्हें एडीजीपी के रूप में पुलिस मुख्यालय में पदस्थ किया गया है वहीं साइबर काइम के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक मिलिन्द कानस्कर को वर्तमान दायित्वों के साथ इंदौर जोन में एडीजीपी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है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

खेल प्रतियोगिता भोपाल के तात्या टोपे स्टेडियम में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की अखिल भारतीय खेलकूद प्रतियोगिता कल से शुरू हो रही है

शाम सात बजे शुरू होने वाले मैच का आंखो देखा हाल हिन्दी और अंग्रेजी में बारी बारी से आकाशवाणी के राजधानी एफएम रैनबो और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है पहले मैच में वेस्टइंडीज को छह विकेट से हराकर भारत श्रृंखला में एक शून्य की बढ़त बनाये हुए है

इसके बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण के लिए केन्द्र सरकार एक लाख टन प्याज आयात कर रही है